देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज से श्रू पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया प्रदेश के आयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने विभागीय कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्या के निदान के दिये निर्देश

सरकार की विशेष अन्मति को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा

कौशल विकास के प्रशिक्षण की अन्मति दी गई है जिला प्रशासन राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बगैर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन लागू नहीं करेगा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य में सभी होटल रेस्टोरेंट होमस्टे और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को अन्मति दे दी गई है यहां कार्यरत कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक होगा जेईई मेन्स देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हई

कोविड महामारी के दौरान आयोजित होने वाली यह ऐसी पहली परीक्षा है जिसमें लगभग दस लाख छात्रों के लिए छह सौ से अधिक केंद्र बनाये गये हैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से उम्मीदवारों को सहयोग करने की अपील की है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि उम्मीदवारों और केंद्र पर तैनात कर्मचारियों से एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने को कहा गया है प्रदेश में भी निर्धारित मानदंडों के अन्सार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है कोरोना अपडेट पौड़ी मुख्य बाजार में ठेली लगाने वाली महिला में कोरोना संक्रमण की पृष्टि ह्ई है इस कारण पौड़ी मुख्य बाजार और अपर बाजार को सील कर दिया गया है

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में नियुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डीपीएम के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को भी तीन दिन के लिए सील किया गया है पौड़ी से लगे पाबौ ब्लाक मुख्यालय के बाजार को भी सील किया गया है वहां एक व्यवसायी पॉजिटिव पाया गया

प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब म्खर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित शवदाह गृह में प्रे राजकीय सम्मान के साथ किया गया इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कांग्रेस नेता राहल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पृष्पांजलि अर्पित की

सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी अन्य नियमों को देखते हए पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर तोपगाड़ी की बजाए शव वाहन में ले जाया गया सात बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झके रहेंगे म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब म्खर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रणब म्खर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे राजनीति वित्त विधि जैसे क्षेत्रों के वे विशेषज्ञ थे अपने लम्बे सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन में उन्होंने गहरी छाप छोड़ी है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय मुखर्जी का उत्तराखंड के प्रति गहरा लगाव था जब वे राष्ट्रपति थे तो उन्होंने उत्तराखण्ड विधानसभा को सम्बोधित किया था हरक सिंह रावत बैठक प्रदेश के आय्ष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने विभागीय कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्या के निदान के लिए निर्देश दिये

उन्होंने बताया कि प्रशासकीय दक्षता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक निदेशालय और आय्र्वेदिक विश्वविद्यालय मिनिस्टीरियल संवर्ग को एकल संवर्ग में बदलने के लिए नियमावली लायी जायेगी साथ ही आयूर्वेदिक विभाग में कार्मिकों के पेंशन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्ताव लाया जायेगा खटीमा गोलीकांड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मसूरी गोली कांड के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा कि शहीद आन्दोलनकारियों के अथक प्रयासों से उत्तराखण्ड को पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ पृथक राज्य निर्माण के लिये यह अपनी तरह का एक अलग आन्दोलन था इस आन्दोलन में मातृशक्ति और सैनिक पृष्ठभूमि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही म्ख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहति देने वाले राज्य आन्दोलकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों के अन्रूप राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है जिससे प्रदेश का संपूर्ण विकास हो सके

इस संबंध में हई बैठक में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि इस अभियान को एक जनआंदोलन का रूप देते हए कुपोषण के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि पोषण माह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों किशारियों और महिलाओं में खून की कमी होना एक बडी समस्या है इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी को जागरूक करना और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना जरूरी हैं ताकि खून की कमी से होने वाले बीमारियों को कम किया जा सकें वहीं अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि पोषण अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाएगा

उन्होंने संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रो में किचन गार्डन विकसित करने के लिए करने के निर्देश दिए है इन किचन गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाया जाएगा